लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच

झंझारपुर सुपौल अररिया मधेपुरा और खगड़िया में तीसरे चरण के लिए सम्पन्न हुये चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग एक प्रतिशत अधिक वोटिंग हुई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार लगभग साठ प्रतिशत वोटिंग हुई जो दो हजार चौदह के चुनाव की तुलना में शून्य दशमलव नौ दो प्रतिशत अधिक है वोटिंग में सबसे अधिक वृद्धि अररिया लोकसभा क्षेत्र में देखी गयी जहां एक दशमलव आठ आठ प्रतिशत अधिक वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया झंझारपुर में शून्य दशमलव नौ तीन खगड़िया में शून्य दशमलव सात पांच सुपौल में शून्य दशमलव पांच छह और मधेपुरा में शून्य दशमलव पांच एक प्रतिशत अधिक वोटिंग हुई है लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी इस चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों वाल्मिकीनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महाराजगंज में बारह मई को मतदान होना है इन क्षेत्रों से कूल एक सौ अठहत्तर प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किये हैं उम्मीदवार छब्बीस अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं सातवें और अंतिम चरण में आठ सीटों पर उन्नीस मई को हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए कल चार उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किये अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्र और बक्सर से एक एक उम्मीदवार ने नामांकन पत्र भरा है इससे पूर्व इस चरण के लिए कुल नौ उम्मीदवार पर्चा भर चूके हैं वहीं डेहरी विधानसभा क्षेत्र के उपचूनाव के लिए अब तक कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को रफाल मामले में उनकी टिप्पणी पर अवमानना का नोटिस जारी किया है इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उसकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस बारे में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर याचिका पर अगली सुनवाई इस महीने की तीस तारीख को होगी न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की उस अपील को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने मीनाक्षी लेखी की याचिका को खारिज करने की अपील की थी तीसरे चरण के लिए मतदान सम्पन्न होने के बाद चौथे से लेकर अंतिम चरण तक के लिए चूनाव प्रचार में तेजी आ गयी है एनडीए और महागठबंधन के नेता लगातार अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं वहीं अन्य राजीनतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने पक्ष में सघन जनसम्पर्क अभियान चला रहे हैं इस सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार गोपालजी ठाकुर के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज बेगूसराय मूंगेर और समस्तीपूर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चूनावी सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भी श्री शाह के साथ मौजूद रहेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मध्यबनी दरभंगा और समस्तीपुर में अलग अलग चूनावी रैलियों को संबोधित करेंगे दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समस्तीपूर में और पार्टी नेता समीर कुमार सिंह मूंगेर के जमालपूर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इधर सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष योगेन्द्र यादव और जानेमाने गीतकार जावेद अख्तर ने बेगूसराय में कन्हैया कुमार के समर्थन में अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित किया वहीं रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने अपने समर्थन में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में जनसम्पर्क अभियान चलाया पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने पटना सिविल कोर्ट में जनसम्पर्क कर अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में समर्थन की अपील की पटना के जिला निर्वाची पदाधिकारी ने मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले सत्ताईस पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर चौबीस घंटे के अन्दर जवाब तलब किया है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन रद्द करने के खिलाफ पूर्व मंत्री रमई राम की पुत्री और विधान पार्षद गीता कुमारी ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में कम हवा का दबाव बनने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गयी सबसे अधिक फारबिसगंज में बीस दशमलव पांच मिलीमीटर बारिश हुई वहीं सीतामढ़ी में बीस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी इस वर्ष अन्तर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता तरंग का आयोजन पटना में होगा राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने इसकी जिम्मेदारी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को सौंपी है वहीं अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता एकलव्य का आयोजन भागलपुर में कराने की जिम्मेदारी तिलकामाझी विश्वविद्यालय को सौंपी गयी है रख रखाव कामों के कारण दानापूर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस अप और डाउन में आज रद्द रहेगी वहीं अमृतसर से आने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस और दिल्ली सियालदह न्यू फरक्का एक्सप्रेस को भी आज रद्द कर दिया गया है बोधगया के महाबोधि मंदिर स्थित बोधिवृक्ष को वैज्ञानिकों ने पूरी तरह स्वस्थ बताया है देहरादून से आई विशेषज्ञों की टीम ने वृक्ष के निरीक्षण के बाद कहा कि समय पर पत्तियों के आने से यह स्पष्ट है कि वृक्ष पूरी तरह स्वस्थ है अभी महाबोधि व्रक्ष की विशेषज्ञों की देख रेख में शाखाओं की छंटाई का काम चल रहा है नालंदा जिले के बिहारशरीफ शहर से पूलिस ने तीन तस्करों को अष्टधातु की दो प्राचीन मूर्तियों के साथ गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अन्तर्गत लक्ष्मीपुर बखरी के पास एक डम्फर ने दो मजदूरों को कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी वहीं जमुई जिले के खड़गौर मोड़ के पास एक वाहन की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार पिता पुत्री की मौत हो गयी छपरा जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और सियालदह बलिया एक्सप्रेस ट्रेन की तलाशी के दौरान आरपीएफ ने लगभग दो सौ पचास बोतल शराब जब्त की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है पांच सौ तैंतालीस सीटों में से तीन सौ दो पर वोटिंग खत्म छियासठ फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया सबसे बड़े चरण में सबसे कम मतदान दैनिक जागरण की सुर्खी है बिहार में छिहत्तर शिकायतें छियालीस गिरफ्तारियों के बीच साठ फीसदी मतदान दैनिक भास्कर ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की कमिटी चीफ जस्टिस गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेगी प्रभात खबर की सुर्खी है आईएस ने किया था श्रीलंका में ब्लास्ट आज लिखता है चौकीदार चोर है बयान पर राहुल को अवमानना नोटिस राष्ट्रीय सहारा की खबर है रालोसपा के अलग गुट को राष्ट्रवादी लोक समता पार्टी के रूप में मिली मान्यता

लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच